प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गये बीस लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ग्यारह बजे पांचवीं प्रेस वार्ता करेंगी

वित्तमंत्री और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्मर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और ढांचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा वित्तमंत्री ने बताया कि आठ क्षेत्रों कोयला खनिज रक्षा उत्पादन नागर विमानन बिजली वितरण कंपनियों अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा उनचास प्रतिशत से बढ़ाकर चौहतर प्रतिशत कर दी गई है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हथियारों और उनके कलपुर्जों की सूची बनाई गई है जिनका अब आयात नहीं होगा और उनका उत्पादन स्वदेश में ही किया जाएगा सरकार इस तरह के आयात को रोकने के लिए वार्षिक आधार पर योजना बनाएगी और उसे अधिसूचित करेगी वित्त राज्यमंत्री ने राजस्व बंटवारे की प्रणाली के जरिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की घोषणा भी की उन्होंने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी नागर विमानन क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने भारतीय वायु क्षेत्र का केवल साठ प्रतिशत वाणिज्यिक उडानों के लिए उपलब्ध होने का उल्लेख करते हए घोषणा की कि अधिक वायु क्षेत्र की उपलब्धता के लिए प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी उन्होंने कहा कि इस फैसले से इस क्षेत्र को एक हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा क्योंकि इससे वाणिज्यिक उड़ानों के लिए ईंधन और समय में काफी कटौती हो सकेगी श्री ठाकर ने कहा कि देश के छह और हवाई अड्डो की निलामी सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत की जाएगी श्रीमती निर्मला सीतारामन ने बताया कि सरकार बिजली वितरण कम्पनियों के लिए जल्द ही एक शुल्क नीति बनाएगी जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों और बिजली उद्ययोग को बढ़ावा देने और उसके सतत विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा

चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में अभी घोषणा की जानी है इस महीने की बारह तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पूर्ण बंदी का चौथा चरण नये नियमों के साथ प्ररी तरह से अलग होगा उन्होंने कहा था कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर चौथे चरण की पूर्ण बंदी के बारे में अठारह मई से पहले लोगों को जानकारी दे दी जाएगी पूरे देश में पच्चीस मार्च से लॉकडाउन लागू है पहली बार तीन मई तक और उसके बाद सत्रह मई तक लॉकडाउन में विस्तार किया गया था इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिषा निर्देष जारी होने के बाद लॉकडाउन चार का फैसला लिया जायेगा केंद्र के दिषा निर्देष की समीक्षा के बाद राज्य में छूट देने पर विचार किया जायेगा राज्य में कल मिले दो कोरोना पॉजिटिव के बाद मरीजों की क्ल संख्या बढ़कर दो सौ सत्रह हो गयी है इसमें एक सौ तीन रांची के हैं कल मिले दो कोरोना संक्रमितों में एक इटकी रांची का है वहीं दूसरा गढ़वा का है राज्य के लिए अच्छी खबर यह है कि अबतक एक सौ तेरह कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक्टिव केसों की संख्या एक सौ एक है रांची जिले में एक सौ तीन संक्रमितों में तिरासी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं वहीं दो मरीजों की मौत हुई है वर्तमान में जिले में अठारह कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है इधर झारखंड की उप राजधानी दुमका भी कल कोरोना मुक्त हो गया जिले में पांच मई को दो मरीज मिले थे जो इलाज के बाद ठीक हो गये केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कल कहा कि मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों और गरीबों की तकलीफों के प्रति संवेदनशील है तथा उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा कि कोई भूखा नहीं रह जाए श्री पासवान ने कल कहा कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों के कल्याण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसानों और कामगारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये वित्तीय सहायता भेजी गई है जिससे बिचौलियों का सफाया हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए ईमानदारी और समग्रता से काम कर रही है श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ग्रामीण गरीब कामगार और किसान प्राथमिकता हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राहत दी जा रही है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने ऐसे कई उपाय किये हैं जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र कोरोना से उत्पन्न स्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सके उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र को मदद के लिए नियामक प्राधिकरणों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श दिया है कि वे रियल एस्टेट अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के पूरा होने का समय छह महीने के लिए बढ़ा दें राज्य नियामक प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को तीन महीने और बढ़ा सकती है केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कल वेबिनार के जरिए देशभर के रसोई गैस वितरकों और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के डेढ़ हजार से ज्यादा लाभार्थियों के साथ बातचीत की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ने सफलतापूर्वक चार साल पूरे कर लिए हैं जिससे आठ करोड़ से ज्यादा गरीब और उपेक्षित परिवारों के जीवन में सुधार आया है श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तीन महीने के लिए मुफ्त गैस सिलेंण्डर मुहैया कराना था उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के खातों में अग्रिम रूप में पैसा जमा कर दिया गया था अब तक प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के छह करोड अहाईस लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने मुफ्त सिलेंडर प्राप्त किया है महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक और श्रमिक विषेष ट्रेन कल षाम कोडरमा स्टेषन पहुंची

अबतक पांच श्रमिक विषेष ट्रेन कोडरमा पहुंची है जिससे छह हजार से अधिक मजदूरों को लाया जा सका है रत्नागिरी में काम करनेवाले प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी पर रेल मंत्रालय के प्रति आभार प्रकट किया राज्य के कृषि सह सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद उन्हें राज्य में ही काम दिलाया जायेगा उन्होंने कहा है कि कृषि और अन्य कार्यों से मजदूरों को कैसे जोड़ा जाये इस पर योजना तैयार की जा रही है विभाग की ओर से एक कमेटी का भी गठन किया गया है साहिबगंज जिले में अबतक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है

जिला प्रषासन की ओर से उन्हें स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारेंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है

इससे पहले ये तिथियां कल शाम को जारी की जानी थी भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने विक्षोभ के चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है इससे ओडिषा और बंगाल के कुछ जिलों में मंगलवार और बुधवार को बारिष का अनुमान है वहीं मौसम विभाग रांची के अनुसार झारखंड के चाईबासा देवघर दुमका साहिबगंज और गोड्डा जिले में इसका क्छ असर देखा जा सकता है